इन सभी लोगों ने देश के अन्य भागों से प्रदेश में प्रवेश किया था और यहां पहंचने के बाद ये संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में थे ये सभी बंगाणा उपमंडल के रहने वाले हैं पांचों संकमित लोगों को खडड गांव के स्थित कोविड केंद्र में भेज दिया गया हैं वहीं दसरी ओर जिला चंबा में भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है

उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर आयुर्वेदिक अस्पताल बालू में शिफ़्ट किया गया है उधर मण्डी जिला के धर्मपुर उपमंडल में भी आज एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है

उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि इस युवति में कोरोना संकमण के प्रत्यक्ष लक्षण नहीं है उन्होंने कहा कि ये यूवति हाल ही में अपने माता पिता के साथ मुंबई से लौटी थी और उसका पूरा परिवार संघोल में संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रह रहा था इसके अलावा कॉगड़ा जिला के पंचरूखी और हमीरपुर जिला के बड़सर क्षेत्र के बड़ाग्राम में भी कोरोना पॉजिटिव का एक एक मामला सामने आया है

ईद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश वासियों खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल फितर की बघाई दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि अनेकता में एकता ही हमारी शक्ति है और हम सभी को एकजूट होकर समाज में शांति व सदभावन को बनाए रखते हुए राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुदृढ़ करना चाहिए मुख्यमंत्री ने अपनी श्रभकामनाएं देते हुए कहा कि पवित्र रमजान माह के बाद मनाए जाने वाला ईद उल फितर का त्यौहार समी के लिए खशियां लेकर आता है उन्होंने विश्वास जताया कि ये त्यौहार लोगों में आपसी भाई चारे शांति व सदभावना को सुदृढ करेगा गोविंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों का दौरा किया और आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया उपायक्त ऋचा वर्मा और पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित अन्य अधिकारियों को क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे युवाओं से बातचीत की और उनका कृशल क्षेम जाना गोविंद ठाकृर ने कहा कि बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को वापिस लाने के लिए राज्य सरकार ने सुनियोजित और पुख्ता व्यवस्था बनाई है उन्होंने बाहर से आने वाले सभी लोगों से संस्थागत क्वारंटीन में नियमों का पालन करने का आग्रह किया ताकि राज्य में कोरोना संकमण को नियंत्रित किया जा सके उन्होंने कहा कि घरों में भी क्वारंटीन अवधि के दौरान पूरी एहतियात बरतें

विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में बागवानों के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटी हेलनेट उपलब्ध है और बागवान एंटी हेलनेट की आवश्यकता पर अपने अपने जिलों के बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं

बीजेपी भाजपा के उपाध्यक्ष व शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरूषोतम गुलेरिया ने कहा है कि भाजपा ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और संगठन मंत्री पवन राणा के मार्गेदर्शन में लॉकडाउन के दौरान जन सहयोग व जन सेवा के लक्ष्य को सामने रखते हुए अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है ताकि कोई भी व्यक्ति भोजन व दवा के अभाव में न रहे उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा ने प्रदेश भाजपा को एक विशेष कार्य योजना दी है उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी सारी ऊर्जा व संसाधन को इसी जन सेवा कार्य के लिए समर्पित किया जिसके चलते सरकार व संगठन के बेहतरीन तालमेल से सेवा कार्य आगे बढ़ा खुंम कोरोना संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए खूंम अनुसंघान निदेशालय चंबाघाट द्वारा अपने कार्यालय को पेपर लेस किया गया है कोरोना से बचने के लिए कार्यालय में फाईलों की बजाए सभी कार्य डिजिटल ढंग से किए जा रहे हैं निदेशालय के निदेशक डॉ वीपीशर्मा ने बताया कि अप्रैल माह में निदेशालय में यह प्रणाली शुरू की गई है उन्होंने कहा कि इससे कोरोना का भय कम हुआ है व डिजिटल तरीके से कार्य सुचारू रूप से किए जा रहे है वहीं कर्मचारियों का कहना है कि इस प्रणाली से कार्य सहज व पूरी पारदर्शिता से किया जा रहा है